प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया है प्रधानमंत्री मोदी कल रात ह्यूस्टन में ऐतिहासिक हाउडी मोदी कार्यक्रम में भारतवंशियों को संबोधित कर रहे थे अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प भी विशेष मैत्री सद्भाव के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित थे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया है किसी देश का नाम लिये बिना उन्होंने कहा कि पूरी द्निया जानती है कि आतंकवाद को शह और समर्थन देने के पीछे किसका हाथ है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़े हैं अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेजीडेंट ट्रम्प पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं

इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थीं हाउडी मोदी आयोजन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति और सीनेटरों की उपस्थिति तथा भारत की प्रगति की चर्चा एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका के मजबूत संबंध एक नये इतिहास के निर्माण के साक्षी बनेंगे आयोजन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा अमरीका और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने दोनों देशों के बीच स्रक्षा संबंध मजबूत करने पर बल दिया डॉनाल्ड ट्रम्प ने इस वर्ष नवम्बर में दोनों देशों की सेनाओं के तीनों अंगों के संयुक्त अभ्यास की घोषणा की

उन्होंने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इनसे लगभग तीस करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जा सका है

हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन टैक्सस इंडिया फोरम ने किया था अमरीकी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ह्यूस्टन संबोधन की सराहना की है प्रधानमंत्री ह्यूस्टन के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक दौरे के बाद सप्ताह भर की अमरीकी यात्रा के दूसरे चरण में न्यूयार्क पहुंच गए हैं

प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गए हमारे विशेष संवाददाता की एक रिपोर्ट न्यूयार्क में आज पहले दिन प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है

जिनमें प्रधानमंत्री कतर के अमीर इटली के प्रधानमंत्री नाईजर के राष्ट्रपति नाम्बिबीया और मालदीव के राष्ट्रपतियों से भी मिलेंगे यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक भी प्रधानमंत्री से मिलेंगी

प्रधानमंत्री संयक्त राष्ट्र मुख्यालय पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन करेंगे और एबाद में वे गांधी पीस गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे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

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के लागू होने के एक वर्ष पूरा हाने पर आज देश भर में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि आयुष्मान भारत केवल एक स्वास्थ्य देखभाल योजना ही नहीं है बल्कि यह उन पचास करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण है जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं

इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है और यह प्रधानमंत्री जी की स्वस्थ्य और समर्थ भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत राज्य में एक करोड़ अट्ठारह लाख से अधिक परिवार आच्छादित है और छह करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल रहा है इस अभियान के अन्तर्गत अब तक सैंतालीस लाख नौ हजार से अधिक लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किये जा चुके हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक एक हजार नौ सौ दस चिकित्सालयों को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से एक हजार चार सौ चौवालीस निजी क्षत्र के हैं साथ ही इनमें पच्चीस मेडिकल कॉलेज है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने तय किया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से बांड भराया जायेगा जिसमें उन्हें दो वर्ष की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में देनी होगी इसी प्रकार एमडो और एमएस करने वाले चिकित्सकों से भी बांड भराया जायेगा और उन्हें भी एक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देनी होगी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चालीस लाभार्थियों को उपहार भी प्रदान किये प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार है प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उप निर्वाचन के लिये आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई आगामी तीस सितम्बर तक नामांकन कराया जा सकेगा नाम निर्देशन की जांच एक अक्टूबर को की जायेगी और प्रत्याशी तीन अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे

जिन सोटों पर उप निर्वाचन होना है वह है सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ को इगलास लखनऊ की केन्टोमेंट सीट कानपुर की गोविन्द नगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर अम्बेडकर नगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ जनपद की घोसी सीट इनमें से तीन सीटें इगलास बलहा और जैदपुर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है प्रदेश में हमीरपुर विधान सभा उपचुनाव के लिए आज मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया कहीं से किसी भी बड़ी अप्रिय सूचना के समाचार नहीं है उप चुनाव में शाम पांच बजे तक पैंतालीस प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया यहां चार लाख से अधिक मतदाताओं के लिये दो सौ छप्पन मतदान केन्द्रों पर चार सौ छियत्तर पोलिंग बूथ बनाये गये थे भाजपा विधायक अशोक सिंह चन्देल को अदालत द्वारा आयोग्य ठहराये जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई भाजपा बसपा सपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नौ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं मतगणना सत्ताईस सितम्बर को होगी